मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान बस्तर और सरगुजा संभाग के कुछेक इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की अब समाचार विस्तार से नागरिकता संशोधन अधिनियम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ ज्यादातर विरोध प्रदर्शनों को राजनीतिक बताते हुए कहा है कि किसी भी भारतीय को इस नए कानून की वजह से राष्ट्रीयता खोने का खतरा नहीं है गृह मंत्री ने देशवासियों और विशेष रूप से अल्पसंख्य्यक समुदायों से एक बार फिर अपील की कि वे विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे कथित दुष्प्रचार के झांसे में ना आएं गृह मंत्री ने कहा कि जनगणना दो हजार इक्कीस और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर का राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के साथ कोई संबंध नहीं है इधर आज दुर्ग में उत्तरप्रदेश के जल शक्ति कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून केवल नागरिकता देने के लिए है न कि नागरिकता छीनने के लिए उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को इस कानून से डरने की जरूरत नहीं है उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर शरणार्थी के रूप में भारत पहुंचे विभिन्न समुदाय के लोग नागरिकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं उन्हें नागरिकता देने के लिए यह कानून लाया गया है भाजपा सीएए जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में रविवार से दस दिन का जनसंपर्क अभियान चलाएगी आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए पार्टी महासचिव डॉक्टर अनिल जैन ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली के अभियान में शामिल होंगे उन्होंने कहा कि कार्यकारी अध्य्यक्ष जगत प्रकाश नड़ढ़ा गाजियाबाद से अभियान की शुरूआत करेंगे श्री जैन ने कहा कि पार्टी के सभी बड़े नेता और केन्द्रीय मंत्री देश के विभिन्न हिस्सों में चलाए जा रहे इस अभियान में शामिल होंगे इस अभियान के अंतर्गत भाजपा ने टोल फ्री नम्बर आठ आठ छह छह दो आठ आठ छह छह दो जारी किए हैं

धान खरीदी समिति गठित प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी पच्चीस सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर से करने के संबंध में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है इस समिति में आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम वन मंत्री मोहम्मद अकबर और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सदस्य होंगे यह समिति केन्द्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों द्वारा किसानों को नगद सहायता देने संबंधी योजनाओं का परीक्षण कर एक माह में अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करेगी किसान हेल्पलाइन नंबर राज्य सरकार ने चालू खरीफ वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के संबंध में किसानों की शिकायत सुझाव और पूछताछ के लिए राज्य स्तरीय किसान हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है साथ ही किसानों को पुलिस हेल्पलाइन नंबर एक एक दो पर भी जानकारी देने शिकायत करने अथवा सुझाव देने की सुविधा दी गई है प्रदेश के किसान हेल्पलाइन नंबर एक एक दो और एक नौ छह सात तथा टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य दो तीन तीन तीन छह छह तीन पर सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक जानकारी ले सकते हैं शिकायत और सुझाव जनभागीदारी वेबसाइट और धनहा ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है धान खरीदी निरीक्षण गरियाबंद जिला कलेक्टर श्याम धावड़े और पुलिस अधीक्षक एमआर अहिरे ने आज ओडिशा सीमा से लगे भेज्जीपदर उरमाल और अमलीपदर धान खरीदी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे बारिश से धान को बचाने के लिए सुमिचत व्यवस्था करें कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने अमलीपदर स्थित स्वास्थ्य केन्द्र का भी निरीक्षण किया और वहां आवश्यक दवाईयां उपलब्ध नहीं होने पर विकासखंड चिकित्सा अधिकारी से कहा कि तत्काल जरूरी दवाईयां उपलब्ध कराई जाए इधर धमतरी जिला कलेक्टर रजत बंसल ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को लगातार हो रही बारिश से धान को बचाने के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं राजनांदगांव महापौर राजनांदगांव नगर निगम में कांग्रेस की हेमा देशमुख महापौर निर्वाचित हुई है

महापौर पद के लिए आज हुए चुनाव में कांग्रेस की हेमा देशमुख ग्यारह मतों से विजयी रही हेमा देशमुख को इकतीस और भाजपा की शोभा सोनी को बीस मत प्राप्त हुए इसी तरह सभापति के लिए हुए चुनाव कांग्रेस के हरिनारायण पप्पू धकेता को तीस और भाजपा के शिव वर्मा को इक्कीस मत मिले इस तरह हरिनारायण पप्पू धकेता दस मतों से नगर निगम सभापति के लिए निर्वाचित हुए इसके पहले आज सुबह नगर निगम के पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया इसमें जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए उन्होंने नव निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई

इसी कड़ी में आज जांजगीर चांपा जिले में भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव के लिए पार्टी समर्थित अट्ठारह प्रत्याशियों की घोषणा की भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए शेष सात प्रत्याशियों की घोषणा बाद में की जाएगी इस बीच पंचायत चुनाव में लापरवाही बरतने के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने धमतरी जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन डीएस ध्रुव को निर्वाचन कार्य से तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं मंत्रिपरिषद निर्णय प्रदेश के लघु व्यापारी अब कृषि उपज का अधिकतम बीस क्विंटल स्टॉक रख सकते हैं और एक दिन में धान अथवा दलहन तिलहन मिलाकर कुल पांच क्विंटल की खरीदी कर सकते हैं यह निर्णय कल रायपुर में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया पहले यह स्टॉक सीमा दस क्विंटल और प्रतिदिन खरीदी की सीमा चार क्विंटल थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस के प्रारूप का अनुमोदन किया गया इसमें प्रदेश की मंडियों में तौलैया और हमालों के पारिश्रमिक दरों में समरूपता लाने और उनके हितों का संरक्षण करने एक भारसाधक समिति बनाने का निर्णय लिया गया पुलिस कुशलता पदक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ पुलिस के तीन अधिकारियों को सूचना संकलन में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए असाधारण आसूचना कुशलता पदक प्रदान किया है यह पदक पुलिस मुख्यालय में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसआईबी गायत्री सिंह उप पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा नजमुस साकिब और विशेष शाखा बिलासपुर में पदस्थ चित्रसेन सिंह खरसन को दिया गया मुख्यमंत्री वन परिचर्चा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जंगलों से वनवासियों की आय बढ़ेगी तो उनका जंगल से लगाव और भी बढ़ेगा श्री बघेल आज नवा रायपुर में वन आधारित जलवायु सक्षम आजीविका की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव विषय पर आयोजित परिचर्चा में शामिल हुए कार्यक्रम में श्री बघेल ने कहा कि जंगलों को फलदार प्रजातियों के वृक्षों से समुद्द करने की जरूरत है इससे वनवासियों की आय बढ़ेगी और पशु पक्षियों की आवश्यकताएं भी पूरी होंगी पंजीयन शुल्क गबन जांजगीर चांपा जिले के सक्ती उप पंजीयक कार्यालय में पिछले चार वर्षो के दौरान उनचास लाख रूपये के गबन का मामला सामने आया है इस मामले में सक्ती में पदस्थ तीन उप पंजीयक और एक भृत्य को निलंबित कर दिया गया है जिनमें दो तत्कालीन उप पंजीयक शामिल हैं जिला पंजीयक बीएस नायक ने बताया कि बैंक खातों की जांच में गबन की पुष्टि होने के बाद इन सभी को निलंबित किया गया मौसम और अब पेश है मौसम का हाल मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान बस्तर और सरगुजा संभाग के कुछेक इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है वहीं प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में घना कोहरा रहेगा और बादल छाए रहेंगे राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में पिछले दो तीन दिनों से हो रही बारिश से कड़ाके की ठंड पड़ रही है आज भी क्छ स्थानों पर सुबह से बादल छाए रहे और हल्की बारिश हई इधर रायगढ़ में आज तेज बारिश हुई जिसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है जिला प्रशासन ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कल चार जनवरी तक बढ़ा दी है वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं यथावत् जारी रहेंगी

ये परीक्षाएं दो मार्च से शुरू होकर चौबीस मार्च तक चलेगी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर नागपुर बिलासपुर कटनी और अनूपपुर अंबिकापुर सेक्शनों में रखरखाव कार्य के कारण आज से इकतीस जनवरी तक कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस क्रमांक आठ में बीती रात हुए गैस रिसाव में एक डीजीएम सहित छह लोग घायल हो गए हैं जिनमें से तीन की हालत गंभीर बनी हुई है बालोद जिले के रनचिरई थाना क्षेत्र के सांकरौद गांव में युवकों के बीच हुए आपसी विवाद के बाद एक युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई